गोविंद ठाक्र वन व खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति तैयार कर ली है जिसे जल्द ही घोषित कर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि यह खेल नीति बहुत से सुझावों और खेल जगत से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है इसके तहत खेल परिसरों और मैदानों को विकसित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक युवाओं को खेलों की ओर आकर्षित कर उन्हें नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराई से बचाया जा सके उन्होंने खिलाड़ियों का आहवान किया कि वे खेल की भावना को अधिक महत्व दें

इसके लिए खेतों में रसायनों का कम इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है और किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है मारकंडा आज ऊना में मृदा परीक्षण वैन को हरी झंडी दिखाने के बाद बोल रहे थे यह परीक्षण वैन जिले में किसानों के खेतों में जाकर मिट्टी की निशुल्क जांच करेगी और मौके पर ही रिपोर्ट देगी मारकंडा ने बाद में ऊना के ही रामपुर में प्रस्तावित सब्जी मंडी स्थल का निरीक्षण भी किया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों का आहवान किया कि वे देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए आगे आएं राज्यपाल आज तेलंगाना के यादादरी भोनगिर की जनता द्वारा आयोजित सम्मान समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये तेलंगाना की जनता के लिए गर्व की बात है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है उन्होंने भोनगिर क्षेत्र की जनता का प्यार और सहयोग के लिए आभार भी जताया

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं

उन्होंने खैरवाला ढागवाला सड़क के उन्नयन कार्य का उद्घाटन भी किया विधानसभा अध्यक्ष ने इससे पहले नाहन शिक्षा खंड के प्राथमिक स्कूलों की खेल कूद प्रतियोगिता का उदघाटन भी किया किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से जहां महिलाओं को ईंधन की लकड़ी इकटठी करने और चुल्हे के ध्एं से छटकारा मिला है वहीं वन कटान पर भी रोक लगी

किशन कप्र आज धर्मशाला में गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि उनकी पार्टी प्रदेश में होने वाले दो उपचुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि एचएस लक्की को पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए जबकि योगेश साहनी को धर्मशाला उपचनाव के लिए पार्टी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है यह नियुक्तियां पार्टी के प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने की हैं राठौर ने कहा कि दोनों पर्यवेक्षकों को एक सप्ताह के भीतर अपने अपने चुनाव क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए कहा गया है

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं का अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना नितांत जरूरी है हंसराज आज तिस्सा में पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को तालमेल से काम करने को भी कहा

उन्होंने कहा कि प्रारम्भिक तौर पर इन्वेस्टर मीट का खाका तैयार कर लिया गया है और हवाई अड़डे से लेकर इन्वेस्टर स्थल तक यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी मनोज कुमार ने कहा कि धर्मशाला में ठहरने के भी विश्वस्तरीय प्रबंध किए जा रहे हैं हिन्दी पखवाड़ा आकाशवाणी शिमला में आज हिन्दी पखवाड़े के उपलक्ष्य में राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केन्द्र प्रमुख संजय काजी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे राजभाषा के कार्यान्वयन संबंधी अपने नैतिक दायित्वों को निष्ठा से पूरा करें सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों में विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं आरम्भ की है सुरेश भारद्वाज आज गड़काहन में सुन्नी खंड के प्राथमिक स्कूलों की खंड स्तरीय खेलकृद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे सुरेश भारद्वाज ने बाद में गुम्मा में युवक मंडल व प्रगति युवा संगठन गुम्मा द्वारा आयोजित किसान मेले का भी शुभारंभ किया

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का विशेष महत्व है खेलों से जहां व्यक्ति का सर्वागीण विकास होता है वहीं बच्चों में अनुशासन सहयोग और नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है सरवीण चौधरी आज राजकीय प्राथमिक पाठशाला सिहोलपुरी में तीन दिवसीय रैत खंड खेलकृद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रही थी सरवीण चौधरी ने इस मौके पर प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया

टीम का धर्मशाला पहुंचने पर हिमाचल प्रदेश किकेट एसोसिएशन की ओर से जोरदार स्वागत किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में किकेट खिलाड़ियों के फैन हवाई अड्डे से लेकर होटल तक के रास्ते में अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए जुटे रहे

भारतीय टीम कल दोपहर बाद क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करेगी विधानसभा छत्तीसगढ़ और बिहार विधानसभा की समितियों ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का दौरा किया और ई विधान प्रणाली के बारे में भी जानकारी हासिल की छत्तीसगढ़ विधानसभा की महिला व बाल कल्याण समिति और बिहार विधानसभा की गैर सरकारी विधेयक व संकल्प समिति आज से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है